राज्य सरकार ने खेसारी दल पर लगायी रोक को हटाया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने राज्य के बैंक अधिकारियों को बैंक साख जमा अनुपात में सुधार लाने का निर्देश दिया है राजधानी पटना में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री पटेल ने साख जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब ले जाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि बिहार का साख जमा अनुपात तैंतालीस पन्द्रह का है जबकि राष्ट्रीय औसत छिहत्तर प्रतिशत है कोसी और सीमांचल में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है सुपौल में पूर्वी कोसी तटबंध के रोड नम्बर छह पर बना डायवर्सन बह गया है जबकि अररिया और किशनगंज में कुछ स्थानों पर बना डायवर्सन ध्वस्त हो गया है जिससे यातायात बाधित है कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले के निचले इलाकों में नदियों का पानी फैलने लगा है सहरसा में बारिश के कारण कोसी नदी से सलखुआ क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है तटबंध के अन्दर कई गांवों के निचले हिस्से में पानी फैल गया है सुपौल में कोसी सहित सहायक नदी तिलयुगा सुरसर और गैड़ा के निचले इलाके में पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोग गांव छोड़ कर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं वहीं सुरसर नदी में पानी बढ़ जाने से छातापुर प्रखंड के कई गांवों में पानी फैल गया है मधेपुरा में भी कोसी नदी के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है आलमनगर के सुखाड़ घाट में करीब डेढ़ फीट पानी बढ़ा है जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाके में पानी फैल रहा है कटिहार में महानंदा गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है महानंदा नदी में चालीस सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गयी है जबकि गंगा के जलस्तर में बारह और कोसी के जलस्तर में पन्द्रह सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गयी है अररिया के कुर्साकांटा में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर है किशनगंज जिले की प्रमुख नदियां महानंदा कनकई रेतुवा मेंची बूढ़ी कनकई नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है हालांकि सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे है वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से किशनगंज में दो और पश्चिम चंपारण में एक व्यक्ति की मौत हो गयी उधर मौसम विभाग ने बिहार समेत तेरह राज्यों में अगले बहत्तर घंटों में भारी बारिश होने की संभावना जतायी है इसे देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है जबकि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सेना ने दानापुर में कचहरी घाट पर पूर्वाभ्यास किया

राज्य में छात्रों के खाते से काटी गई राशि को बैंक वापस करेंगे इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है परिषद ने भेजे गये पत्र में कहा है कि पोशाक छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं की राशि बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भूगतान की गई थी कई बैंकों ने बच्चों के खाते से राशि बैंक चार्ज के रूप में इसलिए काट ली थी कि उनके खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि जमा नहीं थी बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का फार्म बगैर विलंब शुल्क के साथ भरने की तिथि कल तक बढ़ा दी है

राज्य में दाल की कमी को पूरा करने के लिए अब खेसारी दाल की खेती की जायेगी इस पर लगाया गया प्रतिबंध भी हटा लिया गया है और तीन किस्मों की खेती करने की अनुमति किसानों को दी गयी है विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा ने खेसारी दाल को बढ़ावा देने का निर्देश कृषि विभाग को दिया है उन्होंने कहा कि खेसारी के प्रतीक प्रभेद में हानिकारक तत्व नहीं पाये गये हैं यह योजना अगले रबी फसल से लागू हो जायेगी इस दौरान किसानों को खेसारी दाल की खेती करने की पूरी जानकारी दी जायेगी पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन पर शालिमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और गांजा के साथ तेरह लोगों को गिरफ्तार किया है रेल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से चार सौ इकतालीस लीटर विदेशी शराब चार किलो नौ सौ ग्राम गांजा इकहत्तर हजार रुपये नकद और चौदह मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के मसौदा संविधान को अंतिम रूप आने तक राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगा दी है साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की पीठ ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि राज्य क्रिकेट संघों के प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाए राज्य को लड़कों के ईस्ट जोन राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी दी गयी है बिहार फुटबॉल संघ के सचिव ने बताया कि प्रतियोगिता में मेजबान बिहार समेत झारखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम ओडिशा छत्तीसगढ़ और साई फुटबॉल क्ल्ब की टीमें शामिल होंगी वहीं मधुबनी जिले में चल रही द्वितीय बिहार सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में मोतिहारी और मधुबनी की खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाये रखा है बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र के बुधसिमरा गांव में गेरूआ नदी में डूबकर तीन किशोरियों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हुआ वहीं पटना जिले के बाढ़ प्रखंड में दो किशोरों की डूबने से मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से पिछले तीन दिनों से लापता दो प्रोपेर्टी डीलरों की अपराधियों ने हत्या कर दी है पुलिस ने बताया कि मीनापुर थाना क्षेत्र से दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है कटिहार जिले में नया यातायात थाना कार्य करने लगा है पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इससे ट्रैफिक सिस्टम में काफी सुधार होगा खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड में ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत आगामी सोलह से इक्कीस जुलाई तक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने क्रेडाई की बैठक को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है नया बिल्डिंग बाइलॉज एक माह में दैनिक जागरण का शीर्षक है दिल्ली में तबादलों को लेकर सरकार अफसरों में फिर रार प्रभात खबर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हवाले से लिखा है एनपीओ को रोकने के लिए बैंक करे सख्ती उर्जित दैनिक भास्कर ने क्रिकेट की खेल को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है पैंसठ साल तक बिहार ने क्रिकेट में नाम कमाया दो दशक से यहां न खेल न खिलाड़ी हुई सिर्फ राजनीति इसके साथ ही अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है जिसमें आईजीआईएमएस में रैंगिंग और मारपीट के बाद कॉलज अनिश्चितकाल के लिए बंद निजी मेडिकल कॉलेजों के शुल्क का निर्धारण आज और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का फार्म बगैर विलंब शुल्क भरने की तिथि कल तक बढ़ी को प्रमखता दी है और अब अंत में मुख्य समाचार रिजर्व बैंक ने बिहार में साख जमा अनुपात सुधारने का दिया निर्देश

राज्य सरकार ने खेसारी दल पर लगायी रोक को हटाया